हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बहदेश्यीय ऐप की मदद से प्रवासी कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा इस ऐप को राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने संयक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से तैयार किया है और इसके जरिए प्रवासी मजदूरों से जुडा हर आंकडा इकहा किया जाएगा इस ऐप में आश्रय गृह में रह रहे लोगों की पूरी जानकारी रहेगी और साथ ही उन प्रवासी कामगारों का भी आंकड़ा रहेगा जो दूसरे राज्यों से आने के बाद अब अपने घरों में रह रहे हैं ऐप में प्रवासियों से जुड़ी सामान्य जानकारियां जैसे कि नाम शिक्षा अस्थाई और स्थाई पता बैंक अकाउंट की जानकारी कोरोना से जुड़ी स्क्रीनिंग की स्थिति और अब तक किए गए कार्य का अनुभव सुचीबद्द किया जाएगा प्रवासी नागरिकों को दी गई सरकारी मदद जैसे कि राशन किट वगैरह की भी जानकारी इस ऐप में होगी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से काम करने में सक्षम है शारजाह से लगभग दो सौ भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की एक उड़ान आज रात लखनऊ पहुंचेगी चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए चिकित्सा जांच और संगरोध सुविधा की व्यवस्था की गई है हमारे लखनऊ संवाददाता ने खबर दी है कि उडान आज रात लगभग आठ बजकर पचास मिनट पर पहंचेगी राज्य के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गप्ता नंदी ने कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों का एक दल पीपीई किट और अन्य चिकित्सा उपकरणों के साथ हवाई अड्डे पर मौजूद रहेगा और स्क्रीनिंग के बाद यात्रियों को किराए की टैक्सी और बस सेवा से अपने मूल स्थानों पर जाने की छूट होगी जहां उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा उड़ान से आए यात्रियों को लखनऊ में या तो सरकारी केंद्र में या फिर किराए के होटल में उचित राशि देकर चौदह दिनों के लिए रहने का विकल्प होगा लखनऊ के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि होटलों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है और तीनों श्रेणियां बहत ही उचित दर पर किराया लेंगी अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश क्मार अवस्थी ने कहा कि कल दिल्ली में एक और उड़ान उतरी है जिसमें प्रदेश के बीस यात्री सवार थे उन्हें नोएडा और गाजियाबाद के संगरोध केंद्रों में भेजा गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि अब तक सत्रह हजार आठ सौ सँतालिस रोगी कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके है और देश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने की दर उत्तीस दशमलव नौ एक प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान इस महामारी से पन्वानबे लोगों की मौत हई है मृतकों की कृल संख्या एक हजार नौ सौ इक्यासी हो गई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान देश में तीन हजार तीन सौ बीस लोगों में संक्रमण की पुष्टि हई संक्रमित व्यक्तियों की क्ल संख्या उन्सठ हजार छः सौ बाईस हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय से आज सुबह जारी आंकडों के अनुसार उन्तालीस हजार आठ सौ चौंतीस लोगों का उपचार चल रहा है

श्री पासवान ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम पूर्णवंदी के दौरान मालगाड़ियों के जरिए देश के विभिन्न स्थानों पर अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह की श्रंखला के अंतर्गत कोविड नाइन्टीन के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है आकाशवाणी से बातचीत में भारतीय जन स्वास्थ्य फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ के श्रीनाथ रेड्डी ने देश में कोविड नाइन्टीन को फैलने से रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाये रखने की आवश्यकता पर जोर दिया सोशल डिस्टेंसिंग का अत्यंत आवश्यकता है यह वायरस को एक आदमी से दूसरे आदमी को छैलने से रोकने के लिए हमें यह आवस्यक है कि दो मीटर का फासला रखें एक दूसरे के बीच में खास करके जब हम पर के बाहर जाते हैं मार्केट में या ऑफिस में काम करना फ़िर शुरू कर देते हैं अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ रणदीप ग्लेरिया ने लोगों से कहा कि सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथों को साफ रखें सारे लोगों से यही अपील करूंगा कि तॉकडाउन का हम पूरी तरह से पालन करें फ्रेसली जहां पर हॉट स्पॉट हैं दूसरा मैं यह कहूंगा कि सोशल डिस्टैंसिंग हैंडवाशिंग भी हम पूरी तरह से करें हम एक नियम बना लें कि अब से आगे से चाहे वह थूकना हुआ चाहे वह सोशल बिस्टॅसिंग हो चाहे जब भी घर आएं तो हाथ धोएं जब भी किसी से मिले तो हाथ जोड़कर मिलें और हैंडवासिंग रेगुलरती करें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले महान प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा और सामाजिक सशक्तीकरण में अभूतपूर्व योगदान किया प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को अनुकरणीय नेतृत्व भी प्रदान किया प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत के महान सपृत महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की है श्री मोदी ने कहा है कि देश प्रेम स्वाभिमान और पराक्रम से भरी महाराणा प्रताप की गाथा देशवासियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी